इस भिशन के मुख्य उद्देश्यों में चंद्रमा पर पानी की मात्रा का अनुमान लगाना उसकी जमीन उसमें मौजूद खनिजों और रसायनों तथा उनके वितरण का अध्ययन करना उसकी भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन और चंद्रमा के बाहरी वातावरण की ताप भौतिकी ग्रणों का विश्लेषण है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक पैसिव पेलोड भी इस भिशन का हिस्सा है जिसका उददेश्य पृथ्वी और चंद्रमा की सटीक द्री पता लगाना है

श्री मोदी ने टिवटर पर लिखा कि यह देश के गौरवशाली इतिहास के कालकम पर लिखा जाना वाला महत्वपूर्ण क्षण है

सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने सड़क रेल और खेलकूद के क्षेत्र में खरबो रूपये के निवेश को मंजूरी दी है

अमरीका के न्यूयार्क में एक संवाद एजेंसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी और धन शोधन अक्षमता संहिता लागू कर बदलाव की प्रकिया शुरू करने से इसकी बुनियाद रखी जा चुकी है

राज्य सरकार की ओर से करायी गई जांचों में कई शिकायतें सही भी पायी गयी हैं विधायक संजय शर्मा के एक तारांकित प्रश्न के जवाब में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया है कि जिन विश्वविद्यालयों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें चुरू का ओपीजेएस विश्वविद्यालय झूंझुनू का श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय सिंघानिया विश्वविद्यालय श्रीधर विश्वविद्यालय अजमेर का भगवन्त विश्वविद्यालय जयपुर को निम्स विश्वविद्यालय उदयपुर का पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च विश्वविद्यालय अलवर का सनराइज विश्वविद्यालय वित्तोड़गढ का मेवाड़ विश्वविद्यालय तथा सिरोही का माधव विश्व विद्यालय शामिल हैं

सदन में विधायकों के प्रश्न का जवाब देते हुए श्री चौधरी ने बताया कि जितने भी प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं उन सबको पट्टे दिये जायेंगे

उन्होंने बताया कि राजस्व गांव मालमाथा के अस्तित्व में आने के समय इस गांव में लोग उनकी पैतृक खातेदारी जमीन पर निवास करते थे

तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने आज विघानसभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस नीति में आवश्यक मापदण्ड और दिशा निर्देश शामिल किये जायेंगे उन्होंने बताया कि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है श्री गर्ग ने बताया कि प्रदेश के तकनीकी महाविद्यालयों में भारी मात्रा में सीटें खाली है इस कारण हर साल कई तननीकी महाविद्यालय बंद हो रहे हैं

भाजपा के सभी सदस्य सदन में काली पट्टी बांध कर पहंचे और प्रश्नकाल दौरान चुप रहे

राज्यस्तरीय अभियान की शुरूआत जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने की

वहीं जैसलमेर में जवानों ने सैनिकों के बलिदान केो याद करते सीमावर्ती गांवों में कैमल सफारी का आयोजन किया कैमल सफारी में सीमा सुरक्षा बल की महिला प्रहरियों ने भी बढ चढकर हिस्सा लिया और देशभक्ति की मिसाल पेश की

सवाईमाघोपुर के शिवाड में घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरो में सुबह से ही भक्तों की कतारें देखी गई है भरतपुर में शिव मंदिरों में गंगा तट से गंगा जल लेकर आये कावडियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया